श्री मोदी ने कहा कि किसान रेल किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस रेल से ढुलाई के लिए कोई न्यूनतम मात्रा तय नहीं की गई है

उन्होंने कहा कि जो रेल अभी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही है किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है इससे खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा साथ ही इससे देश की कोल सप्लाई चेन की ताकत भी बढ़ेगी इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी मौजूद थे पीएम ड्वाइवर रहित रेल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया उन्होंने कहा है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण को चुनौती के बजाय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि यह अवसर देश में बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण और लोगों का रहन सहन आसान बनाने में सुधार के लिए मंच उपलब्ध करा सकता है उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुसार शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के जरिये चुनौती को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन किया इससे देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे

इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सुप्रसिद्ध वायलन वादक कमल कामले ने वायलीन की प्रस्तुति दी इसके साथ ही आज चल रहे कार्यक्रमों में संजीव अभ्यंकर का गायन पंडित रामजी लाल शर्मा की प्रखावज प्रस्तुति प्रशांत और निशांत मलिक का ध्रूपर गायन और सुनील पावगी की गीटार प्रस्तुति शामिल है तानसेन समारोह का आयोजन इस बार कोविड दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है कार्यक्रम आयोजन समिति के अध्यक्ष आशीष सक्सेना ने जानकारी दी है कि सभी कार्यकमों में प्रवेश पासेस के द्वारा ही दिया जा रहा है

राज्य खेल पुरस्कार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं पुरस्कार वितरण समारोह भोपाल स्थित मिंटो हॉल में चल रहा है

कॉलेज निर्देश प्रदेश में कोरोना प्रोटोकाल के बीच एक जनवरी से प्रायोगिक कक्षाओं के लिए खुल रहे कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति स्वैच्छिक रहेगी परीक्षा छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजनाओं आदि में छात्रों की उपस्थिति की अनिवार्ययता को उच्च शिक्षा विभाग ने हटा दिया है इसी के साथ सभी संकायों में पहले से चल रही ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित होती रहेंगी उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि कॉलेजों में किसी भी तरह की सामूहिक गतिविधियां जैसे प्रार्थना खेलकूद आदि पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा इसी के साथ विश्वविद्यालय और कॉलेजों को छात्रावास खोलने की अनुमति भी नहीं रहेगी वहीं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की अंडर ग्रेजुएट के सातवें आठवें सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित होंगी पर्यटन स्थल मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों के प्रति बढ़ते रूझान को देखते हुए पर्यटन विभाग ने प्रदेश के महत्वपूर्ण पर कम जाने माने पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर विकसित करने का निर्णय लिया है इस क्रम में सबसे पहले श्योपुर जिले की ऐतिहासिक पौराणिक प्राकृतिक विरासतों को चिन्हित किया जाएगा मौसम हिंद महासागर में चक्रवातीय गतिविधियों के चलते और पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी के असर से प्रदेश में भी अगले तीन दिन ठंड बढ़ने के आसार हैं शिवपुरी जिले में इस समय ठंडी हवाओं के चलते पारा गिर गया है

आज सुबह से ही ठंडी हवाए चलने से यहां पर ओर दिनों के मुकाबले ज्यादा ठंड महसूस की गई